जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है

भाजपा के लिये ये जीत ऐतिहासिक साबित हुई है

एनडीए ने लगातार द्सरी बार पूर्ण बहमत हासिल कर इतिहास रच दिया है गुजरात राजस्थान हरियाणा उत्तराखण्ड और दिल्ली जैसे राज्यों में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी वहीं मध्यप्रदेश में कांग्रेस महज एक सीट पर सिमट गई

यहां भाजपा का आगे होना साबित करता है कि जनता ने सपा बसपा गठबंधन को भी सिरे से नकार दिया है

अन्य विजयी उम्मीदवारों में लखनऊ से भाजपा उम्मीदवार राजनाथ सिंह गाजियाबाद से जनरल वी के सिंह गौतम बुद्धनगर से महेश शर्मा बरेली से संतोष कुमार गंगवार भाजपा के वरूण गांधी ने पीलीभीत सीट पर जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी के नेता मुलायमसिंह यादव मैनपुरी सीट पर जबकि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ सीट से लोकसभा के लिए चुने गये हैं बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले पांच दलों के गठबंधन को केवल एक सीट से ही संतोष करना पड़ा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा ने लोकसभा की सभी सातों सीटें बड़े अंतर से जीत ली हैं पंजाब में कांग्रेस ने आठ सीटे जीती हैं भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को दो दो सीटे हासिल हई है जबकि आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर विजय हासिल की है हरियाणा में भाजपा ने दस सीटें हासिल की है हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा की चारों सीटें जीत ली हैं इन चुनावों में धराशायी होने वाले दिग्गज नामों में दिगविजय सिंह भूपेन्द्र सिंह हुड्डा शीला दीक्षित और महबुबा मुफ्ती भी शामिल है

आंध्रप्रदेश में वाई एस आर कांग्रेस ओडिसा में बीजू जनता दल अरूणाचल प्रदेश में भाजपा और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को बहमत मिला है

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे

कैबिनेट की बैठक में लोकसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोकसभा को भंग करेंगे

राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला

यह जीत नागौर संसदीय सीट से रालोपा के हनुमान बेनीवाल के खाते में गई है

झालावाड में दृष्यंत सिंह ने साढे चार लाख से अधिक मतों से अपने प्रतिद्वंदी पराजित किया इसी तरह राजस्थान से जीतने वाले प्रमुख चेहरों में केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड पीपी चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल है इन सभी ने लाखों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को मात दी हैं

राजसमंद से दीया कुमारी ने देवकीनन्दन काका को हराकर पहली सांसद बनने में कामयाबी पाई

इस क्रम में आज नीदरलैण्ड सरकार की ओर से नगरपरिषद को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा

अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी और धूप का असर है वहीं कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही और आंधी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है